भारत हज की समूची प्रकिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है टीकाकरण का अभियान इन्द्रधनुष आज से शुरू हो रहा है पांच साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं कहा कृषिमंत्री सचिन यादव ने

गैस पीड़ितों और उनके परिजनों ने गैस त्रासदी की बरसी के एक दिन पहले कल कारखाने के पास मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया पीड़ितों ने सरकार से मुफ्त इलाज प्रद्यित इलाके के जहर सफाई करने और यूनियन कार्बाइड के वर्तमान मालिक डाव केमिकल कंपनी से मुआवजा दिलवाने की मांग की है राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी बरकतुल्ला भवन में कल सर्वधर्म प्रार्थनासभा का आयोजन किया जाएगा इसमें राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेष के कुछ मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ ही सभी धर्मो के धर्म गुरू षामिल होंगे

इसकी चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग इसके दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं हज डिजिटल भारत हज के लिए जाने वाले लोगों की यात्रा से संबंधित समूची प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच अगले साल हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर यह बात कही श्री नकवी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन ई वीज़ा हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा ई सामान प्री टैगिंग के जरिए भारत में ही मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में हज यात्रियों को सभी जानकारी देने का इंतजाम किया गया है द्विपक्षीय समझौते पर भारत की ओर से श्री नकवी ने और सऊदी अरब की ओर से हज और उमरा मामलों के मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहेर बेंतेन ने हस्ताक्षर किए हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के नाम से एक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसमें हज यात्रा पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को प्राचीन भारत के प्रख्यात नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षण संस्कृति अपनाने का आह्वान किया है राज्यपाल ने कल इंदौर में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में कहा कि हमें पुरातन शिक्षण व्यवस्था की नींव पर नए भारत की इमारत खड़ी करनी होगी इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किए दीक्षांत समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के संस्थापक पद्मभूषण डॉ एसबी मजूमदार ने भी संबोधित किया स्वीडन नरेश स्वीडन के नरेश कार्ल सोहलवें गुस्ताफ और महारानी सिल्विया आज से भारत की यात्रा पर हैं नई दिल्ली में राजकीय कार्यक्रम के अलावा शाही दम्पत्ति अपनी छह दिन की भारत यात्रा के दौरान मुंबई और उत्तराखंड भी जाएंगे वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठकों में द्विपक्षीय और आपसी हित के बहुराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे आपसी सहयोग बढ़ाने के कई दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने की संभावना है स्वीडन नरेश गुस्ताफ की यह भारत की तीसरी यात्रा है

अगले चार महीने तक चलने वाले अभियान के दौरान एक लाख बच्चों और तीस हजार से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

इंदौर जिले में इस अभियान का षुभारंभ प्रदेष के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट कर रहे हैं

यूरिया रैक कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी मांग के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है कई जिलों में यूरिया की दो दो और एक एक रैक पहंच चुकी है जबकि अगले कुछ दिनों में अन्य जिलों में यूरिया की रैक पहुंचेगी श्री यादव ने कल बताया कि मेघनगर और मण्डीदीप रेक पाइंट पर दो दो तथा निवाड़ी पिपरिया रतलाम दतिया नीमच सागर शिवपुरी ब्यावरा गुना और बानापुरा रैक पाइंट पर एक एक यूरिया की रैक पहुंच गई है आज खण्डवा इटारसी पिपरिया कच्छपुरा में यूरिया की दो दो हरदा दमोह मुरैनाडबरा रतलाम और हरपालपुर में एक एक रैक और कल नीमच ब्यावरा विदिशा तथा बालाघाट में एक एक रैक पहंचने वाली है

वे खुद यूरिया की उपलब्धता वितरण तथा आपूर्ति पर नजर रख रहे हैं सड़क भूमिपूजन जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर चार इमली और कोटरा क्षेत्र की बस्तियों में लगभग दो करोड़ रुपए लागत से सड़क डामरीकरण पेवर ब्लाक नाली निर्माण पार्क डेवलपमेंट सहित अन्य विकास कार्यो का भूमिपूजन किया इस मौके पर श्री शर्मा ने निर्माण ऐजेन्सी को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए

और विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन भी किया

बारात में रामराजा की प्रतिमा को पालकी में बैठाया जाता है और उनके सिर पर सोने के मुकुट की जगह बुंदेली तर्ज पर खजूर के पेड़ की पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता है